इनमें चिकित्सिक पैरा मैडिकल स्टाफ स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल हैं

इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में उचित मूल्यों की दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की प्रभावी आपूर्ति बनाए रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं शिमला में आज आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कर्फ्यू व लॉकडाउन के दौरान लोगों को ज़रूरी सामान की कोई कमी नहीं होनी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम में गेहूं और चावल सहित अन्य वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है और प्रदेश में भी खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जयराम ठाकुर ने कर्फ्यू में ढील के दौरान सामान खरदीते समय लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने का आह्वान भी किया

मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और उसके द्वारा संचालित वित्तीय बाजारों नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कार्यालय के वेतन और लेखा अधिकारियों क्षेत्रीय अधिकारियों पेट्रोलियम पदार्थो की सप्लाई तथा वन विभाग के कर्मचारियों को छूट दी है हवाई अड्डों व रेलवे स्टेशनों पर सामान संचालन और कोयला खनन गतिविधियों में लगे लोगों को भी छूट के दायरे में रखा गया है

उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे जनता तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाने के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहें और सामान्य की तुलना में अधिक काम करें बिंदल प्रदेश में कर्फ्यू और लॉकडाउन के समय गरीब और अभावग्रस्त परिवार को राशन की आपूर्ति के उद्देश्य से भाजपा ने संगठन स्तर पर भारत लॉकडाऊन के दौरान सेवा योजना तैयार की है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार हर परिवार को राशन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने में जुटी है और संगठन भी इस कार्य में सहयोग करने का प्रयास करेगा

उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर दानदाताओं और अभावग्रस्त लोगों की सूची बनाने का कार्य बूथ पालक प्रदेश कार्य समिति सदस्य जिला प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्षों के जिम्मे सौंपा गया है बिन्दल ने आहवान किया है कि करोना महामारी जैसी राष्ट्रीय आपदा के समय सभी कार्यकर्ता सेवा के लिए तत्पर रहें राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार से चिकित्सकों और पैरा मैडिकल स्टाफ के लिए अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है शिमला से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने प्रदेश व प्रदेश से बाहर फंसे लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध करने का भी सरकार से आग्रह किया है इस बीच कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने लोगों की सहायता के लिए आपदा प्रबंधन सैल हैल्प डैस्क का गठन किया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के राजनीतिक सचिव हरिकृष्ण हिमराल को सैल का समन्वयक जबकि जिला व ब्लॉक अध्यक्ष इसके सदस्य बनाए गए हैं डीसी लाहौल लाहौल स्पीति जिले में कर्फ्यू व लॉक डाउन के दौरान बर्फबारी से बंद सड़कों को खोलने के लिये सीमित लेबर व मशीनरी लगाई गई है उपायुक्त स्मृतिका नेगी ने बताया कि लाहौल घाटी में आटा मास्क व सेनेटाइजर जैसी आवश्यक वस्तुओं की थोड़ी कमी को देखते हुए इन्हें निर्माणाधीन अटल टनल से लाने की व्यवस्था की गई है